मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा है कि प्रदेश सरकार का छः महीनों का कार्यकाल उपलब्धियों भरा रहा है और विपक्ष के कुछ नेता उनके दिल्ली दौरों को लेकर अनावश्यक बयानबाजी कर रहे हैं मण्डी जिला के बल्ह विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रूपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखने के बाद रिवालसर में आज एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने लोगों की समस्याओं का समाधान घर द्वार पर करने के उददेश्य से जनमंच कार्यकम शुरू किया है जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं

उन्होंने कहा कि गौ वंश के संरक्षण के लिए प्रदेश में जल्द ही एक आयोग का गठन किया जाएगा

उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी मैडिकल व नर्सिंग कॉलेजों की निगरानी के लिए मण्डी के नेरचौक में मैडिकल यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी इस मौके उर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने कहा कि सरकार ने प्रदेश में उपलब्ध जलविद्युत क्षमता के दोहन के लिए नीति तैयार की है उन्होंने कहा कि क्षेत्र में बिजली की वोल्टेज में सुधार की दिशा में कदम उठाए जाएंगे सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से विश्व की मजबूत आर्थिकी की दिशा में आगे बढ़ रहा है इससे पहले मुख्यमंत्री ने आज मण्डी में पहलवान द ग्रेट खली को सम्मानित किया और मण्डी में रेसलिंग शो के सफल आयोजन कि लिए उन्हें बधाई दी ग्रेट खली ने भी मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह भेंट किया केंद्रीय मंत्री केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि केंद्र सरकार समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए काम कर रही है मंडी में कल एक पत्रकार वार्ता में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ओबीसी वर्ग को संवैधानिक दर्जा देने का बिल लोकसभा में पास हो चुका है और जल्द ही इसे राज्यसभा से भी पास करवा दिया जाएगा

सरवीण चौधरी प्रदेश सरकार शिमला व धर्मशाला शहरों को स्मार्ट सिटी के तहत विश्व स्तरीय तकनीक से विकसित करेगी शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने आज शिमला में स्मार्ट सिटी परियोजना के संबंध में विभिन्न कंपनीयों के साथ हुई बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य स्मार्ट सिटी के विकास तक सीमित रहना नहीं है बल्कि सभी शहरी क्षेत्रों के दीर्घकालिक और सतत विकास के लिए प्राथमिकता से कार्य करना है सरवीण चौधरी ने कहा कि हिमाचल विश्व के समक्ष एक पसंदीदा गन्तव्य के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा वीरेन्द्र कश्यप सांसद वीरेन्द्र कश्यप ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल में शिमला संसदीय क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रदेश को हर संभव मदद दे रही है वीरेन्द्र कश्यप ने युवा कांग्रेस द्वारा उन पर लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि विकास कार्यो का ग्राफ उनके कार्यकाल में लगातार बढ रहा है वीरेन्द्र कश्यप ने कहा है कि युवा कांग्रेस नेता जमीनी स्तर पर विभिन्न माध्यमों से विकास कार्यो को देख सकते हैं सत्ती प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का सर्वांगीण विकास करवाया है जिससे अधिकतर आबादी लाभान्वित हुई है

सैजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैहजल ने अधिकारियों को जनता की जायज मांगों के प्रति संवेदनशील रहने के निर्देश दिए हैं कसौली निर्वाचन क्षेत्र में आज धर्मपुर और आसपास के इलाकों के लोगों की समस्याएं सुनने के बाद उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यक्रमों को आम आदमी तक पहुंचाने के निर्णय अधिकारियों के समर्पण व सहयोग से ही पूरे होंगे राजीव सैजल ने बरसात के मौसम को देखते हुए लोकनिर्माण और स्वास्थ्य विभाग को सतर्क रहने को कहा है उन्होंने अधिकांश समस्याओं का मौके पर निपटारा कर शेष के संबंधित अधिकारियों को निपटारे के निर्देश दिए नियोजन समिति विधानसभा की ग्रामीण नियोजन समिति की बैठक अध्यक्ष और विधायक विक्रम सिंह जरयाल की अध्यक्षता में आज चंबा में हई इस दौरान वन पश्पालन उद्योग और खनन सहित ग्रामीण विकास से जुड़े विभागों की प्रगति की समीक्षा की गई विक्रम सिंह जरयाल ने विभागीय अधिकारियों को योजनाओं के कार्यान्वयन में व्यवहारिकता लोने तय समय पर योजनाओं का कार्य पूरा करने को कहा उन्होंने विभागों को योजनाओं व कार्यक्रमों आम लोगों तमक पहंचाने के लिए शिविर लगाने की सलाह दी ताकि निर्धारित लक्ष्यों को पूरा किया जा सके

समिति बैठक प्रदेश विधानसभा की कल्याण समिति की दो दिवसीय बैठक आज शिमला में सम्पन्न हई सभापति सुखराम की अध्यक्षता में हई इन बैठकों में समिति ने सितम्बर के पहले सप्ताह में शिमला किन्नौर लाहौल स्पिति कुल्लू व मण्डी का दौरा करने का निर्णय लिया इसके अलावा समिति ने सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के अनुसूचित जाति घटक उपयोजना के तहत आने वाले विभागों द्वारा पिछले तीन वर्ष में खर्च की जाने वाली धन राशियों के ब्योरे संबंधी प्रश्नावली का अवलोकन कर अनुमोदन किया

पिछले दिनों हुई वर्षा से शिमला कुल्लू और चंबा जिलों में अनेक संपर्क मार्ग अवरूद्ध हो गए थे शिमला में बीते दिनों हुई रिकॉर्ड तोड़ बारिश से जगह जगह भूस्खलन हो रहा है शिमला में आज सुबह नौ बजे ढली संजौली बाईपास सड़क पर लंबीधार में पहाड़ी से गिरे भारी पत्थर से महिला घायल हो गई जिसे आईजीएमसी भर्ती करवाया गया है

आज कुल्लू में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने इस निर्णय को किसानों के हित में उठाया गया कांतिकारी कदम करार दिया भीम सेन ने कहा कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में किसानों के हित में काम कर रही है और सेब के आयात शुल्क को बढ़ाकर बागवानों को लाभ देने का प्रयास किया है

उपायुक्त अमित कश्यप ने बताया कि नियंत्रण कक्ष में वाहनों के दस्तावेजों को दर्ज करवाना अनिवार्य है